आज नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं हाल में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में सामने आई हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें लोगों को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या समाज समान अधिकार के धरातल पर खरा उतरता है राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिवस मनाने का आदर्श तरीका यही है कि पूरा विश्व इस बात का आत्मावलोकन करे कि उन्नीस सौ अड़तालिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार की गई मानवाधिकारों की सार्वमौम घोषणा में निर्धारित अधिकारों को बनाए रखने के लिए और क्या किया जा सकता है राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को अपने कर्तव्यों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अधिकारों और कर्तव्यों को समान नजर से देखते थे राष्ट्रपति ने कहा कि मानवधिकारों पर भारत का राष्ट्रीय परिप्रेष्य सही ढंग से केंद्रित है और इसमें कर्तव्यों को भी समान महत्व दिया जा सकता है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्राथमिक शिक्षा को बेहतर भविष्य की नींव बताते हुए शिक्षकों से इस कार्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हुए एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करने का आहवान किया है श्रीमती पटेल आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विद्यार्थियों रिक्षकों और छियालीस विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों को संबोधित कर रही थीं

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों और अभिभावकों से शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा श्रीमती पटेल ने कहा कि हमें इस पर विचार करना होगा कि जो रिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं वह उनके भविष्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं उन्होंने कहा कि दिशाहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने जल संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए छात्रों से पानी की हर एक बूंद बचाने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों से कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो परिश्रम को आधार बनाना होगा श्री योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के योगदान को महत्वपूर्ण बताया समारोह में सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के सात सौ पंद्रह विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य पुलिस ने आपातकालीन सेवा डायल एक सौ बारह की अपनी पीआरवी गाड़ियों में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है महिलाएं अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उनकी मदद ले सकती हैं

उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं के लिए ये सुक्विया रात के दस बजे से सुबह के छह बजे तक मौजूद रहेगी

अगर जरुरत पड़ी तो महिला उन विशेष पुलिस रेस्पोंस व्हीकल में वैठकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है जिनमें दो महिला और दो पुरुष पुलिस कर्मी तैनात होंगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने बताया कि दिल्ली तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने इस योजना को नहीं अपनाया है स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत बीस हजार अस्पताल आते हैं इस योजना में प्रत्येक परिवार को हर वर्ष पांच लाख रूपये का बीमा मिलता है केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत पिछले महीने तक सात करोड़ साठ लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग छत्तीस हजार करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि छह करोड़ पचास लाख से ज्यादा लोगों को इस दायरे में लाना बाकी है उन्होंने बताया कि दिसम्बर दो हजार उन्नीस के बाद से सभी किस्तों को जारी करने के लिए लाभार्थियों के खाते आधार से जोड़ना अनिवार्य है